स्रक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

प्रधानमंत्री ने स्वामी अवधेशानंद गिरी से फोन पर बातचीत की और उनसे अन्रोध किया कि दो शाही स्नान पहले ही संपन्न होने को देखते हुए क्ंभ के उत्सव को केवल प्रतीकात्मक रूप में मनाया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि इससे महामारी के खिलाफ संघर्ष को बल मिलेगा श्री मोदी ने कोविड से संक्रमित संतों के स्वास्थ्य के बारे में भी पूछताछ की और प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए संतों का आभार व्यक्त किया इस बीच महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने लोगों से अपील की है कि वे कोविड दिशानिर्देशों का पालन करें और बड़ी संख्या में क्ंभ स्नान के लिए न आए उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री की अपील का सम्मान करते हैं हर्षवर्धन टीका केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कोविड महामारी का असर कम करने के लिए वैक्सीन की समान रूप से उपलब्धता पर बल दिया है उन्होंने वैश्विक सम्दाय से द्रनियाभर में सभी को तेजी से वैक्सीन लगाने के उद्देश्य से इसके अन्संधान विकास और विनिर्माण में सहयोग करने का अन्रोध किया है डॉ हर्षवर्धन ने सबके लिए एक वैक्सीन विषय पर आर्थिक और सामाजिक परिषद की मंत्री स्तरीय विशेष बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक सम्दाय के समक्ष दवाओं की पहंच सामर्थ्य उपलब्धता और वितरण की च्नौती है उन्होंने कहा कि कोविड टीके के वितरण में वैश्विक सहयोग की कमी से गरीब देश प्रभावित होंगे डॉ हर्षवर्धन ने सभी देशों के बीच बेहतर तालमेल और सहयोग का अन्रोध करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के नये स्ट्रेन विकसित होकर फैल रहे हैं इसे समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी और पहचान करने के लिए विभिन्न देशों के बीच सहयोग आवश्यक है

प्रदेश कोरोना प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कम नहीं हो रही है

राहत की बात ये है कि प्रदेश के खंडवा बुरहानपुर देवास और छिंदवाड़ा में संक्रमण की दर घटने लगी है यहां नए केस तेजी से घट रहे हैं

महाराष्ट्र सीमा पर होने के बाद भी ब्रहानप्र में कोरोना पर कंट्रोल हुआ है

इंदौर जिले में कोरोना की स्थिति कमोबेश वैसी ही है

उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की इतनी मात्रा अप्रैल अंत तक अन्मानित मरीजों के लिए पर्याप्त होगी श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन इंजेक्शन और अन्य स्विधाओं के पूर्ति के लिए केन्द्रीय मंत्रियों सहित व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण सभी व्यक्तियों से वे निरंतर फोन पर संपर्क में है इसके अलावा जिलास्तर पर आवश्यक स्विधाओं और व्यवस्थाओं के लिए जिला अधिकारियों से संवाद जारी है दुमोह उपचुनाव दमोह विधानसभा सीट पर उपच्नाव के लिए आज वोट डाले गए कोरोना संक्रमण के कारण सभी मतदान केंद्रों पर खास इंतजाम किए गए थे अंदर जाने से पहले जहां मतदाता का तापमान जांचा गया वहीं वोट देने के बाद हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर और साब्न का भी इंतजाम किया गया था

हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा के राहल लोधी और कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन के बीच माना जा रहा है

उज्जैन क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में यह निर्णय लिया गया जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने इसकी प्ष्टि की है शादियों के सीजन को देखते हए इस बार सामान की खरीदारी के लिए क्छ द्कानों को छूट दी गई

इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए

इसके साथ ही वे लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर ले जाकर उन्हें वैक्सीन भी लगवा रहे हैं